मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं बच्चों बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए राज्य में कोविड नमूनों की जांच की संख्या बीस लाख के पार हुई

मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अन्मान जताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हितधारकों के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोडमैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे कार्यसूची में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तीकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल है बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से सूक्ष्म लघ् तथा मध्यम उद्यम सहित बुनियादी ढांचे कृषि स्थानीय विनिर्माण को ऋण उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तीकरण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है इस चर्चा में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के रोगियों के स्वस्थ होने की दर को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि बुज्गों गर्भवती महिलाओं बच्चों बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सीय जांच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि रैपिड एन्टीजन विधि से परीक्षण की संख्या एक लाख प्रतिदिन आरटीपीसीआर विधि से चालीस से पैंतालीस हजार प्रतिदिन और टूनैट मशीन से दो हजार पांच सौ से तीन हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ अड़तालीस घंटे का ऑक्सीजन बैकअप रखने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से नियमित संवाद करने के निर्देश दिए प्रदेश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिये दी जाने वाली धनराशि को पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दिया गया है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके अलावा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के अन्तर्गत कक्षा नौ और दस के छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रूपये ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के छात्रों के लिये धनराशि चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रूपये स्नातक के लिये पांच हजार से बढ़ाकर सात हजार रूपये स्नातकोत्तर के लिये छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रूपये करने को मंजूरी दी गई वहीं तकनीकी कोर्स आईटीआई के लिये धनराशि सात हजार से बढ़ाकर दस हजार रूपये स्नातक और स्नातकोत्तर तकनीकी कोर्स के लिये धनराशि पन्द्रह हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये करने की स्वीकृति दी गई देश में कोरोना से मृत्यु दर घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत लगातार ऐसे देशों में बना हुआ है जहां मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है यह उपलब्धि घर घर सर्वेक्षण आक्रामक जांच और मानकीकृत क्लीनिकल प्रबंधन उपायों के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है तत्काल और सटीक रोगी प्रबंधन के साथ अस्पताल संबंधी त्रिस्तरीय बुनियादी ढांचे से मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ाने में मदद मिली उन्होंने कहा कि लगातार पांचवे दिन कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या तीस हजार से अधिक रही अधिकारी ने बताया कि स्वस्थ होने की दर तेजी से बढ़ी है यह जून के मध्य में तिरपन प्रतिशत थी जो आज बढ़कर चौसठ प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों में पैंतीस हजार एक सौ पचहत्तर मरीज ठीक हुए हैं अब तक नौ लाख बावन हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने के साथ कोविड से स्वस्थ लोगों और मरीजों के बीच अंतर निरंतर बढ रहा है इस समय मरीजों और स्वस्थ हुए लोगों के बीच चार लाख पचपन हजार सात सौ पचपन का अंतर है

प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच की संख्या बीस लाख के पार हो गयी है इसी के साथ उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक टेस्ट करने वाला दूसरा राज्य बन गया है प्रदेश में सोमवार को इक्यानबे हजार आठ सौ तीस नमूनों की जांच की गयी एक दिन पूर्व ही राज्य ने एक दिन में एक लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण करने की उपलब्धि हासिल की थी प्रदेश में अब तक कुल बीस लाख तैंतीस हजार नवासी कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में मीडिया को इस सम्बंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अगले माह कोविड नमूनों की जांच की नई इकाईयां प्रारम्भ होंगी जिसके बाद राज्य में कोविड की जांच क्षमता में और बढ़ोत्तरी हो जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्द ही औसत जांच करने में प्रथम स्थान पर होगा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर कल देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट दो हजार अट्गरह जारी की इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब सत्तर प्रतिशत भारत में हैं उन्होंने कहा कि बाघ कुदरत के अनमोल नगीने हैं और वनों में इनकी मौजूदगी अच्छी स्थिति का संकेत देती है श्री जावडेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में तीस हजार हाथी तीन हजार एक सींग वाले गैंडे और पांच सौ से अधिक शेर भी पाए जाते हैं भारत में प्रकृति से समन्वय के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद देश में दुनिया की करीब आठ प्रतिशत जैव विविधता संरक्षित है उन्होंने यह भी कहा कि पेड़ों की प्रजा जैसे रीति रिवाज प्रकृति के साथ हमारे अनोखे तालमेल को दर्शाते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर पैंसठ हो गई है टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच राजामोहन ने बताया कि पिछली गणना के अनुसार यहां सत्तावन बाघ थे उन्होंने बताया कि घास के मैदानों और नदियों तथा नहरों से धिरे पीलीभीत के जंगल बाघों की वंश वृद्धि के लिए सहायक साबित हो रहे हैं वहीं बिजनौर जिले के अमानगढ़ वन रेंज में भी बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है जिला वन अधिकारी एम सम्मारन ने बताया कि यहां बाघों की संख्या चौदह से बढ़कर बाईस हो गई है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे उन्होंने पांच अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया श्री मौर्य ने श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से पांच अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की विस्तत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए उप मुख्यमंत्री न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से भी मिले और उन्हें मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु स्वयं तथा अन्य लोगों की ओर से छः लाख छः हजार रूपए के चेक भेंट किए श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने एक ट्वीट के माध्यम से मीडिया में आ रही उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण स्थल की भूमि के नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा न्यास के महामंत्री चम्पत राय ने कहा कि यह खबर गलत है उन्होंने कहा कि न्यास की ओर से जारी किए जाने वाले अधिकृत वक्तव्य को ही सही माना जाए प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई गोरखपुर वाराणसी चंदौली क्शीनगर सिद्दार्थनगर और जौनपुर समेत राज्य के पूर्वी अंचलों में कल सुबह से रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है बलरामपुर प्रतापगढ़ कन्नौज मऊ बलिया आजमगढ़ अमरोहा और पीलीभीत समेत आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने के समाचार हैं मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है